मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि सभी विश्विद्यालय अपनी स्किल को बढ़ाकर सरकारों को योजना बनाने में स्झाव दें ताकि प्रदेश में धरातलीय योजना बनाकर सकारात्मक विकास हो सके

इस बीच अपने हल्दवानी दौरे के में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा भी की उन्होंने जिला योजना राज्य सेक्टर केन्द्र पोषित योजना औरं बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा करते हए निर्देश दिए कि जनहित में अवम्क्त की गई धनराशि का समय से शत प्रतिशत उपयोग स्निश्चित किया जाए

उन्होंने उदयान विभाग दवारा मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में किये गये कार्यों की सराहना की

इसके जरिए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाये गये उत्पादों को ऑनलाइन मार्केट के माध्यम से बेचा जायेगा

देश भर के लगभग दो हजार छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों का चयन एक ऑनलाइन रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के माध्यम से किया जायेगा चयनित प्रतिभागी अपने अपने राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यालय से ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लेंगे और उन्हें एक विशेष परीक्षा पे चर्चा किट भैंट की जाएगी

उन्होंने कहा कि जिले के क्लस्टर वार निर्धारित थ उटलेट स्थलों का सर्वे किया जाए

इस दौरान महिलाओं को उत्पीड़न घरेलू हिंसा पास्को एक्ट महिला हेल्प लाइन जस्प्रे विषय पर विधिक जानकारियां दी गई साथ ही सरकार दवारा महिलाओं के हित में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया गया

उन्होंने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को थि र्थिक सामाजिक और स्रक्षा के दृष्टि से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा हथ जिलाधिकारी चंपावत चम्पावत जिले के नए जिलाधिकारी विनीत तोमर ने कहा हा कि कोविड वक्रिसनेशन की प्रकिया को प्राथमिकता के साथ थ गे बढ़ाया जाएगा

गौरतलब हा कि फूलगोभी की तरह दिखने वाली गहरे हरे रंग की य्रोपियन सब्जी ब्रोकली इस बार जिले के कई खेतों में लहलहाई

उत्तराखंड झांकी गणतंत्र दिवस पर प्रस्कृत उत्तराखण्ड की झांकी को देहरादून स्थित संस्कृति विभाग के म्यूजियम में रखा गया हण राज्य गठन के बाद उत्तराखण्ड की झांकी को पहली बार देश मे तीसरे स्थान पर यह प्रस्कार मिला हा म्ख्यमंत्री ने झांकी को राज्य के लिए गौरव बताते हए म्यूजियम में संरक्षित किए जाने के निर्देश दिए थे गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखण्ड की ओर से केदारखंड की झांकी को प्रदर्शित किया गया था केवि बागेश्वर केंद्रीय विदयालय बागेश्वर में नये सत्र के लिए थे गामी एक मार्च से कक्षा एक में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया श्रू कर दी जायेगी इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में हए केन्द्रीय विद्यालय प्रबन्धन समिति की बष्ठक में यह जानकारी दी गई बछक में बताया गया कि अन्य कक्षाओं के लिए ऑफलाइन वेदन पत्र प्राप्त किये जाएंगे एक अप्रक्ष से शिक्षा सत्र शुरू किया जायेगा जिलाधिकारी ने नये शिक्षण सत्र के लिए सभी तघ्यारियां प्री करने के निर्देश दिये

जिलाधिकारी ने विद्यालय भवन के निर्माण के लिए केन्द्रीय विदयालय के उपायक्त से फोन पर बात की और जल्द कार्रवाई की अपेक्षा की

बच्चों को व्हील चेयर हियरिंग एड कलिपर स्मार्ट केन छड़ी मानसिक विकलांग किट सेरिब्रल पाल्सी कर्सी जक्षे उपकरण दिये गए